येस बैंक वित्तमंत्री केन्दीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने येस बैंक के खाताधारकों को आश्वस्त किया है कि बैंक में जमा राशि बिल्कुल सुरक्षित है उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस मुद्दे के जल्द समाधान के लिए काम कर रहा है वित्त मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले में किए गए उपाय जमाकर्ताओं बैंकों और अर्थव्यवस्था के हित में हैं

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि किसी भी जमाकर्ता की राशि में कोई गडबड़ी नहीं होगी राजनीतिक हलचल राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाकम के बीच निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा ने स्पष्ट किया कि वे कमलनाथ सरकार को अपना समर्थन जारी रखेंगे उन्होंने कहा कि आज रात भोपाल लौटकर मुख्यमंत्री से भेंट भी करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री निवास पर सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी कांग्रेस विधायकों को भोपाल तलब किया है उधर भाजपा के नेता दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श में जुटे रहे वहीं दोनो ही पार्टियों से विधायकों के पाला बदलने की खबरे चर्चा में हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा विधायक संजय पाठक ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर करते हुए कहा कि वे भाजपा में थे और रहेंगे रास नामांकन प्रदेश में रिक्त हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए नामांकन प्रकिया आज से शुरू हो गई है

गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल अगले महीने नौ अप्रैल को पूरा हो रहा है

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान बजट पर मंत्रियों से सुझाव मांगे हैं इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण को भी अनुमोदित किया गया जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बैठक के बारे में बताया कि चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक रामवन पथ गमन निर्माण के लिये न्यास गठन का निर्णय लिया गया है न्यास का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा इसमें मुख्य सचिव सदस्य होंगे तथा अन्य न्यासी सदस्य भी होंगे कोरोना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पूर्णतः तैयार है अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित मरीजों की लगातार निगरानी रखी जा रही है उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों की कोरोना वायरस संकमण की स्कीनिंग की जा रही है वहीं शहडोल और बैतूल में लोगों को इससे बचाव के उपाय बताये जा रहे हैं इधर रायसेन जिले में इस वायरस से बचाव के लिए सुखे रंगों से होली खेलने की अपील की गई है

यह मंदसौर डाक संभाग के अंतर्गत आने वाले मंदसौर नीमच जिले में पहला डाकघर है यहां के स्टाफ में एक भी प्रुष नहीं है

इस दौरान कर्मचारियों से अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है नमस्ते ओरछा निवाड़ी जिले के ओरछा में आज से तीन दिवसीय नमस्ते ओरछा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले दिन आज पुष्य नक्षत्र में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने ओरछा में रामराजा के दर्शन किये मान्यता है कि राम आज ही के दिन ओरछा पधारे थे रामराजा मंदिर में आसपास के जिलों के साथ देश विदेश के श्रद्धालुओं ने भगवान रामराजा की पूजा अर्चना कर पूण्य लाभ प्राप्त किया महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्येक्रमों हेरिटेज वॉक और पर्यटन से जुड़ी अन्य गतिविधियाँ होंगी यहां पर्यटकों को बुंदेली व्यंजनों का स्वाद मिल सके इसके लिये एक फूड बाजार भी लगाया गया है ओरछा में फूड बाजार में बुंदेली व्यंजन आर्कषण का केन्द्र बने हुए हैं आइफा इंदौर में आयोजित किया जाने वाला आइफा अवार्ड को स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए एहतियातन इसे स्थगित किया गया है आइफा के आयोजकों ने बताया है कि नई तारीख की घोषणा जल्दी ही की जायेगी मौसम प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के लालपुर और आसपास के गांवों में आज बारिश के साथ ओले गिरे जिससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है सीधी जिले में भी बारिश और ओलावृष्टि से दलहनी फसलें प्रभावित हुई हैं उधर मुरैना जिले में एक दर्जन से अधिक गांवों में भी आज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई उमरिया जिले में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ीं मौसम विभाग ने आने वाले चौबीस घंटों में रीवा शहर्डोल ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है